कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और राज्यसभा में विपक्ष के उप नेता आनंद शर्मा ने बैठक में भाग लिया तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव तेलुगुदेशम पार्टी के जयदेव गल्ला और वी विजय सांई रेड्डी भी बैठक में मौजूद थे संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक के बाद बताया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है

उसके अलावा दो अध्यादेश है वो अध्यादेश को हमको पारित करना है और उसके अलावा जो नया बिल आने वाला है उसके बारे में हम अपोजिशन को अवगत भी किया है

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी सभी ज्वलंत मुद्दों को संसद में उठायेगी और दोनों सदनों की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सरकार के साथ सहयोग करेगी कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी दलों को सदन की कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा के बाद कोई भी मुद्दा उठाने की अनुमति होगी हम सब मिलकर कोशिश करें कि सदन सुचारू रूप से चले व्यवस्थित रूप चले अच्छी वाद विवाद हो चर्चा हो जनता के मुद्दे यहां पर उठाए जाएं और सभी राजनीतिक दलों ने विश्वास दिलाया है कि हम सब मिलकर सबकी सहमति से ठीक से चलाने का प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कहा था कि वे उपयोगी शीतकालीन सत्र को लेकर उत्सुक हैं इस सत्र में जन केन्द्रित और विकास केन्द्रित मुद्दों पर चर्चा की जायेगी राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडु ने भी आज ऊपरी सदन में राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी दलों से पिछले सत्र की ही तरह संसद के शीतकालीन सत्र को भी उपयोगी बनाने की अपील की है आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार नियमानुसार सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है विपक्षी और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनके दल ने बैठक में यह मुद्दा उठाया कि एक तरफ तो सरकार हर बार सर्वदलीय बैठक में आश्वासन देती है कि सभी मुद्दों पर चर्चा की अनुमति दी जायेगी लेकिन वह वास्तव में सदन में इस वायदे पर कायम नहीं रह पाती है उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने सरकार से नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला को संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की तणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंधोपाध्याय ने देश में बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा की मांग की बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पिपराइच चीनी मिल का उद्घाटन कर पेराई सत्र का शुभारंभ किया

इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चीनी मिल के शुरू होने से गोरखपुर क्षेत्र के लोगों का सपना पूरा हो गया है इस शुरू कराने के लिए पूर्व में उन्होंने स्वयं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया था मुख्यमंत्री ने कहा कि पिपराइच मिल की पेराई क्षमता पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ाई गयी है अब इस मिल में आठ हजार कुंतल के बजाय पचास हजार कुंतल गन्ने की पेराई प्रतिदिन होगी साथ ही मिल में बिजली उत्पादन संयंत्र भी लगाया गया है जो सत्ताइस मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा

उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में बिजली व्यवस्था पहले से सुदृढ़ हुई है सड़कें सुधरी हैं और प्रदेश सरकार शासन की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रही है इस अवसर पर गन्ना विकास एवं चोनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि नई चीनी मिल की पेराई क्षमता पचास हजार कुंतल प्रतिदिन है जिसे बढ़ाकर पचहत्तर हजार कुंतल प्रतिदिन तक किया जा सकता है उन्होंने कहा कि पिपराइच चीनी मिल से करीब आठ हजार पांच सौ लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के नगर निगम परिसर में तेइस करोड़ पैंतालिस लाख रूपये की लागत से बनने वाले निगम सदन के कार्य का भूमि पूजन किया इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक सौ सत्ताईस करोड़ अट्ठारह लाख की एक सौ अस्सी परियोजनाओं का शिलान्यास और पचपन करोड़ सैंतालिस लाख रूपये की तिरपन योजनाओं का लोकार्पण भी किया इस अवसर पर एक जनसभा को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि प्रदेश के जिन शहरों को स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं किया गया है उसे राज्य सरकार अपने संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रही है इन शहरों में गोरखपुर को भी शामिल किया गया है

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयाध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दायर करेगा आज लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक के बाद बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने एक संयुक्त पस वार्ता में यह जानकारी दी बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय के फैसले में कई बिन्दुओं पर आपत्ति जताई और कहा कि अदालत के फैसले के बाद तीस दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर याचिका दायर की जायेगी बोर्ड ने यह भी कहा कि मस्जिद के लिये कोई अन्य भूमि या स्थान स्वीकार नहीं किया जा सकता है मुस्लिम बाबरी मस्जिद चाहते हैं बोर्ड ने कहा कि अदालत ने मुस्लिम समुदाय के कई बिन्दुओं की उपेक्षा की है अधिकांश मुस्लिम अदालत के फैसले की समीक्षा चाहते हैं जफरयाब ज़िलानी ने कहा कि अपन अधिकारों के लिये लड़ना हमारा अधिकार है इस बीच देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिन्द ने भी अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ आज पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया सूक्ष्म लघू एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्वार्थ नाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के छोटे उद्यमियों के लिये विश्व बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है और एक ज़िला एक उत्पाद इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है श्री सिंह ने नई दिल्ली में चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कल उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य की पवैलियन का अवलोकन करते हुये कहा कि राज्य सरकार दिल्ली में राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगायेगी जिससे उनके उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग हो सकेगी श्री सिंह ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में लघु उद्योग के लिये तीन सौ एकड़ जमीन देने पर सरकार विचार कर रही है इसमें लगभग पन्द्रह सौ करोड़ रूपये का निवेश होगा और साठ हजार लोगों को नौकरियां मिलेगी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों का हालचाल जाना श्री गंगवार से अल्पसंख्यक बाहल्य क्षेत्र सराय मोहल्ला में योजना के लाभार्थियों ने इलाज के दौरान अपने अनुभव साझा किये केन्द्रीय मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि इलाज कराने के दौरान अथवा योजना का लाभ मिलने में कोई समस्या आने पर उसका निराकरण शीघ्रता से कराया जायेगा फर्जी तरीके से आयूष्मान कार्ड बनाने की मिल रही सूचनाओं पर श्री गंगवार ने कहा कि ऐसे मामलों की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जायेगी ड़मरियागंज से तीन बार लोकसभा के सांसद रहे रामपाल सिंह का आज निधन हो गया उनका अंतिम संस्कार राप्ती के किनारे डुमरियागंज घाट पर किया गया इस दौरान वर्तमान सांसद जगदम्बिकापाल सहित क्षेत्र के हजारों लोग मौजूद रहे